मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानों को लोगों को फेस मास्क बनाने और वितरित करने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से वापस आए ऐसे लोगों से बेहतर संबंध बनाने में पंचायत प्रधान अहम भूमिका निभा रहे हैं जिन्हें होम क्वारंटीन में रखा गया है जयराम ठाकुर ने कहा कि लोगों को इस महामारी के प्रति जागरूक करने सहित किसी भी प्रकार की अफवाहों को फैलाने से भी रोकने की ज़रूरत है

नए दिशा निर्देशों के अनुसार बहुत हल्के हल्के और मामूली लक्षण वाले रोगियों को उनके स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार बिना कोविड परीक्षण के छट्टी दे दी जाएगी कोविड देखभाल केंद्र में भर्ती कराए गए बहुत हल्के हल्के और पूर्व लक्ष्ण वाले लोगों के तापमान और रक्त में ऑक्सीजन अवशोषण पर नियमित नजर रखी जाएगी

डिस्चार्ज करने से पहले इनके परीक्षण की जरूरत नहीं होगी ऐसे रोगियों को अगले सात दिन तक घर में अलग रहने की सलाह दी जाएगी

संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार मध्यम लक्षण वाले रोगियों के तापमान और ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता पर नजर रखी जाएगी

उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है कि इस योजना के तहत सभी राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार वितरण के लिए खाद्य पदार्थ उपलब्ध करा दिये जाएं

भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला में सोशल मीडिया के ज़रिए विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों से आए सुझावों पर चर्चा की उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से आर्थिकी और शिक्षा क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है भारद्वाज ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली शुरू की गई है और विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने बताया कि उच्चतर शिक्षा में भी परीक्षा व परिणाम की पूरी प्रक्रिया समाप्त कर एक सितम्बर से नया सत्र शुरू किया जाएगा इस अवसर पर उन्होंने मीडिया कर्मियों और अन्य लोगों को मास्क भी वितरित किए कांग्रेस कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने राज्य सरकार से विभिन्न क्षेत्रों में बनाए जा रहे क्वारंटीन और आइसोलेशन सैंटरों के बारे में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है एक बयान में उन्होंने कहा कि इन केन्द्रों को आबादी वाले क्षेत्रों के बीच में भी खोला जा रहा है

प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद सभी जिलों में उपायुक्तों ने कर्फ्यू ढील का समय निर्धारित किया है